राजधानी भोपाल में भाजपा का महाकुंभ कल होगा अनंत चर्तुदशी पर कल गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन इन्दौर उज्जैन में देर रात तक चल समारोह का आयोजन

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ किया इस योजना के अंतर्गत देश में दस करोड से अधिक परिवारों को हर साल पांच लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जायेगा इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के पचास करोड़ से ज्यादा नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली ये द्रनिया अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना में एक हजार तीन सौ से अधिक बीमारियों को शामिल किया गया है वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में आयुष्मान निरामयम मध्यप्रदेश योजना का शुभारंभ किया इस अवसर पर केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थांवरचन्द्र गेहलोत और ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे

यह सुविधा चिहिन्त निजी और शासकीय अधिमान्य अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में मिलेगी इसमें महत्वपूर्ण जटिल बीमारियों का उपचार शामिल है नागरिकों की सुविधा के लिये जिला अस्पतालों में मरीजों की मदद के लिये आयुष्मान मित्रों की नियुक्ति और कियोस्क की स्थापना की गयी है अस्पताल उद्घाटन विदेश राज्यमंत्री एमजेअकबर ने कहा है कि सफाई की तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्दौर अव्वल बनेगा उन्होंने कल इन्दौर में पीसी सेठी अस्पताल के लोकार्पण अवसर पर आयुष्मान योजना की शुरूआत करते हुए कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र की आधुनिक सुविधाएं तेजी से बढ़ते इन्दौर शहर में उपलब्ध कराई जायेगी

महाकुंभ भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल भोपाल में आयोजित किये जा रहे महाकूंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो गयी है स्थानीय जम्बूरी मैदान में होने वाले इस महाकूभ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अभित शाह सहित कई प्रमुख नेताओं के शाभिल होने की संभावना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कल महाकृंभ की तैयारियों का जायजा लिया इस अवसर पर उन्होंने अनिल माधव दवे प्रदर्शनी मंडपम का उद्घाटन भी किया मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि महाकुंभ कार्यकर्ताओं में नई उर्जा का संचार करेगा इस कार्यक्रम के लिये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये है

प्रवासीय भारतीय मंत्री राजेन्द्र शुक्ल इसका शुभारंभ करेंगे विदेश मंत्रालय में सचिव डॉक्टर ध्यानेश्वर मुले और प्रदेश के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे कान्फ्रेंस में प्रवासी भारतीय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जायेगी विदेश में रह रहे भारतीयों की राज्य में विकास में भागीदारी को लेकर भी कान्फ्रेंस में विचार किया जायेगा

कार्यकम में विषय विशेषज्ञ मास्ट ट्रेनरों को जिलों में संचालित ईको क्लब विद्यालय की गतिविधियों पर्यावरण संरक्षण की कार्ययोजओं के संबंध में जानकारी देंगे मोगली बाल उत्सव प्रदेश के चार राष्ट्रीय उद्यानों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला बांधवगढ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और होशंगाबाद स्थित मढ़ई राष्ट्रीय उद्यान में होगा

उन्होंने कल भोपाल में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात में कहा कि गरीबों के उत्थान को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना ऐसी ही एक योजना है जिससे गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है गणपति विसर्जन अनंत चतुर्दशी के साथ ही दस दिवसीय गणेश महोत्सव कल समापन हो गया शोभायात्राएं निकालकर गणेश प्रतिमाएं का विसर्जन किया गया भोपाल के साथ ही प्रदेश के सभी प्रमुख घाटों पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया इन्दौर और उज्जैन में इस अवसर पर विशेष तौर पर गणपति प्रतिमाओं की झांकियां निकाली गयी जो देर रात चलती रही बड़ी संख्या में श्रद्वालु इन झांकियों को देखने पहुॅचे कन्वेशंन सेंटर भोपाल स्थित एतिहासिक मिंटों हाल अब नये स्वरूप में नई साज सज्जा और आध्रनिक सुविधाओं के साथ तैयार हो गया है प्राने विधानसभा भवन के रूप में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का साक्षी रहे इस भवन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेशन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है

एशिया कप दुबई में एशिया कप क्रिकेट के सुपर फोर मुकाबले में कल भारत ने पाकिस्तान को नौ विकेट से हरा दिया कप्तान रोहित शर्मा के नाबाद एक सौ ग्यारह और शिखर धवन के एक सौ चौदह रन की बदौलत भारत ने जीत के लिए दो सौ अड़तीस रन का लक्ष्य उन्तालीस ओवर और तीन गेंद में ही हासिल कर लिया विकेट के हिसाब से यह पाकिस्तान पर भारत की सबसे बड़ी जीत है

कुलदीप यादव यजुवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमरा ने शानदार गेंदबाज़ी की इस जीत के साथ ही भारत छह देशों की प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गया है कल सुपर फोर मुकाबले में भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा मौसम बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के चलते प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के इंदौर उज्जैन जबलपुर होशंगाबाद भोपाल ग्वालियर और चंबल संभागों में बारिश दर्ज की गयीं झाबुआ जिले में भारी बारिश के चलते सभी प्रमुख नदिया और नाले उफान पर है वहीं नीमच जिले में भी बारिश के चलते आमजनजीवन प्रभावित हुआ है मौसम विभाग ने ग्वालियर उज्जैन और चंबल संभाग में अनेक स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है वहीं भोपाल होशंगाबाद इंदौर सागर जबलपुर रीवा शहडोल संभागों में भी बारिश होने की संभावना है

कम वर्षा वाले जिलों की संख्या नौ है सर्वाधिक वर्षा उमरिया में और सबसे कम अलीराजपुर में दर्ज की गई है समाचार संक्षेप में प्रदेश में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आज से राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन श्रू होगी

राज्य के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे इसका शुभारंभ करेंगे